पच्चीस नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव गया में सुरक्षा बलों के साथ हुये मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया

और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में वृद्धि

बुलेटिन की शुरूआत इस संकल्प के साथ कोविड उन्नीस महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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

तेईस और चौबीस नवंबर को नव निर्वाचित सदस्यों को प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी शपथ दिलायेंगे पच्चीस तारीख को विधानसभा के नये अध्यक्ष का चुनाव किया जायेगा जबकि छब्बीस नवंबर को राज्यपाल फागू चौहान विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे सत्ताईस नवंबर को राज्यपाल के अभिभाषण पर दोनों सदनों में चर्चा होगी विधानसभा सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार विधानसभा ने नये सदस्यों को पटना में ठहरने के लिये सरकारी गेस्ट हाउस के अलावा होटलों में व्यवस्था की है इस बीच विधायकों के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है कोरोना संक्रमण को देखते हये नवनिर्वाचित सदस्यों की आज से कोरोना की जांच शुरू हो गई है गौरतलब है कि विधानसभा चुनाव में पचहत्तर सीटों के साथ राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चौहत्तर जनता दल यूनाईटेड ने तैंतालीस कांग्रेस ने उन्नीस और सीपीआई एम एल ने बारह सीटों पर जीत दर्ज की है चुनाव में एआईएमआईएम को पांच विकासशील इंसान पार्टी और हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा को चार चार सीपीआई और सीपीएम को दो दो जबकि लोक जनशक्ति पार्टी बहुजन समाज पार्टी और निर्दलीय को एक एक सीट मिली है विधान परिषद् के नव निर्वाचित आठ सदस्यों को आज शपथ दिलायी जायेगी कार्यकारी सभापति अवधेश नारायण सिंह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र की चार सीटों पर नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलायेंगे विधान परिषद सचिवालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से जदयू के नीरज कुमार कोसी से भाजपा के एन के यादव दरभंगा से निर्दलीय सर्वेश कुमार और तिरहुत स्नातक क्षेत्र से जदयू के देवेश चन्द्र ठाकुर निर्वाचित हुये हैं जबकि पटना शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के नवल किशोर यादव दरभंगा से कांग्रेस के मदन मोहन झा तिरहुत से सीपीआई के संजय कुमार सिंह और सारण शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से सीपीआई के ही केदारनाथ पांडेय निर्वाचित हुये हैं इन आठ सदस्यों में से सात फिर से चुन लिये गये हैं जबकि मात्र एक सर्वेश कुमार परिषद् के लिए पहली बार निर्वाचित हुये हैं गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के महुवरी गांव में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ के दौरान एक इनामी नक्सली मारा गया उस पर दस लाख का इनाम था इस दौरान सुरक्षा बल के चार जवान भी घायल हो गये घायल जवानों को अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है घटना की पुष्टि करते हुये गया के वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि नक्सली हमले में दो ग्रामीण मारे गये हैं पुलिस ने घटना स्थल से दो आधुनिक हथियार बरामद किया है केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में कोविड महामारी से प्रभावशाली तरीके से निपट रही है उन्होंने कहा कि भारत ने सफलतापूर्वक इस महामारी का सामना किया है

इसका मुख्य कारण है

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर संतानवे प्रतिशत से अधिक हो गई है यह राष्ट्रीय औसत से तीन दशमलव चार पांच प्रतिशत ज्यादा है राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार घट रही है फिलहाल प्रदेश में पांच हजार चार सौ पंद्रह लोगों का इलाज चल रहा है इनमें से सर्वाधिक एक हजार सात सौ उनतीस मरीज पटना के दो सौ बावन मुजफ्फरपुर के और दो सौ पांच भागलपुर से हैं प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों में चार सौ बासठ मरीज स्वस्थ हुए जबकि दो सौ अठहत्तर नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई राज्य में अब तक दो लाख तेईस हजार छह सौ पंद्रह कोरोना मरीज संक्रमण मुक्त हो चुके हैं नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अस्पताल प्रशासन के प्रमुख डॉक्टर सिद्धार्थ सतपथी ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए सही तौर तरीकों को अपनाने की जरूरत पर बल दिया है उन्होंने पांच सावधानियों पर अमल करना आवश्यक बताया साउंड बाईट पहला है कि हम अपने फेस पर जब भी हम अपने हाथ लगाते हैं हमें हाथ को अच्छी तरह से घोना चाहिए या फिर एल्कोहल बेस हैंडवॉश से रब करना चाहिए

तीसरा है कि हमें इकट्ठा बैठकर क्लोज सर्कल में नहीं खाना चाहिए अगर इकट्ठा खाना चाहिए तो एक बड़े जगह पे या खुली जगह पे जहां पे हम दो गज की दूरी आपस में मेंटेन करते हुए अगर खाएं तो उसके चांसेज डिसइन्फेक्शन के कम होते हैं चौथा है कि जब भी हम खांसे या छींकें हमें कफ ऐटिकेट्स को प्रैक्टिस करना चाहिए यानि कि अपने कोहनियों को मोडकर उसके अन्दर हम छींकें पांचवां ये है कि जब भी हमें कोई इस तरह का न सिम्टम्स हो बुखार हो या फिर ड्राई कफ हो या फिर लॉस ऑफ सेंस ऑफ टेस्ट और लॉस ऑफ स्मैल हो इस तरह के कोई भी सिमटम्स हों तो हमें तुरन्त टैस्ट करा लेना चाहिए नियर बाइ सेंटर में प्रदेश में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है पीएमसीएच में अब तक दो सौ तिरसठ नमूनों की जांच की गई जिनमें से सत्तासी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है कल भी तीन नये मरीज अस्पताल में भर्ती किये गये माईक्रोबायोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉक्टर एस एन सिंह ने लोगों से मछरों से बचने का आग्रह किया है राज्य में इस बार एक हजार छह सौ अड़सठ रूपये प्रति क्विंटल की दर से धान की खरीद की जायेगी पिछले साल की तुलना में यह कीमत प्रति क्विंटल तिरपन रूपया अधिक है प्राप्त जानकारी के अनुसार अब तक इक्यावन हजार से अधिक किसानों ने सरकारी खरीद के लिये अपना निबंधन कराया है एक सप्ताह के अंदर सरकारी दर पर धान की खरीद शुरू होने की संभावना है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी इस महीने की उनतीस तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की यह इकहत्तरवीं कड़ी होगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि जीवन यात्रा को प्रेरित करने वाली कई कहानियां और रोचक जानकारियां उन्हें पहले से ही मिली हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से नमो ऐप माइ जीओवी पर अपने विचार साझा करने को कहा है पश्चिमी विक्षोभ के कारण राजधानी पटना समेत प्रदेशभर में न्यूनतम तापमान में सामान्य से तीन से चार डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है जिससे ठंड बढ़ गई है मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले दो दिनों में रात के तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस तक और गिरावट दर्ज की जा सकती है मौसम वैज्ञानिकों का मानना है कि नवंबर के अंत तक प्रदेश में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना बन रही है इधर प्रदेश में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान में भी बड़ी गिरावट दर्ज की गई है पटना का अधिकतम तापमान सामान्य से चार डिग्री नीचे चौबीस डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया प्रदेश में पहला फोरलेन ग्रीनफिल्ड एक्सप्रेस वे औरंगाबाद से दरभंगा के बीच बनेगा एनएचआईए से मिली जानकारी के अनुसार दो सौ पांच किलोमीटर लंबी इस सड़क के निर्माण पर सात हजार दो सौ करोड़ रूपये खर्च होने का अनुमान है यह सड़क औरंगाबाद गया जहानाबाद नालंदा पटना वैशाली और समस्तीपुर होते हुये दरभंगा तक जायेगी उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली इस सड़क से पटना का गया और दरभंगा एयरपोर्ट से सीधा संपर्क हो जायेगा लोकआस्था का महापर्व छठ संपन्न होने के बाद बाहर से आये लोग लौटने लगे हैं इस कारण पटना समेत प्रदेशभर के सभी प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ बढ़ने लगी है भीड़ को देखते हुये रेलवे कई विशेष ट्रेनों का परिचालन कर रहा है पूर्व मध्य रेलवे के सीपीआरओ राजेश कुमार ने बताया कि नई दिल्ली मुम्बई हावड़ा और अहमदाबाद समेत सभी प्रमुख शहरों के लिये पटना से विशेष ट्रेनें चलाई जा रही हैं भागलपूर मूजफ्फरपूर और पूर्णिया में दिसंबर महीने से सीएनजी बसों का परिचालन शुरू हो जायेगा परिवहन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार इन जिलों में विभाग की गाड़ियों को सीएनजी में बदला जा रहा है पटना उच्च न्यायालय ने कल से मुकदमों की सशर्त फिजिकल फाइलिंग की अनुमति दे दी है फिजिकल फाइलिंग की व्यवस्था वकीलों को बैठक के लिये बने शताब्दी भवन में की गई है राज्य के सभी अनुमंडल मुख्यालयों में जीएसटी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जायेंगे श्रम संसाधन विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार बाजार की मांग के अनुसार युवाओं के कौशल विकास पर जोर दिया जायेगा इसी संदर्भ में जीएसटी प्रशिक्षण केन्द्र खोले जा रहे हैं मार्कस्वादी कम्यूनिष्ट पार्टी की राज्य कार्य समिति की बैठक तेईस और चौबीस नवंबर को पटना में होगी पार्टी के राज्य सचिव अवधेश कुमार ने बताया कि इसमें प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की जायेगी कस्टम विभाग ने पटना एयरपोर्ट पर तलाशी के दौरान एक सोना तस्कर को गिरफ्तार किया है वह अहमदाबाद से फर्जी आधार कार्ड और नाम पर पटना आया था उसके पास से तीन सौ ग्राम सोना बरामद किया गया है प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के शारीरिक शिक्षकों को खेलो इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जायेगा बिहार शिक्षा परियोजना परिषद ने कहा है कि इन शिक्षकों को भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया जायेगा अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को अपनी प्रमुख सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने पाकिस्तानी दूतावास से जुड़ी खबरों को सुर्खी बनाते हुये लिखा है नगरोटा मुठभेड़ पर पाक को दी चेतावनी दैनिक जागरण ने प्रदेश में कोरोना के खतरे से जुड़ी खबर का शीर्षक बनाया है राजधानी में संक्रमण बढ़ने का खतरा

दैनिक भास्कर ने सरकार की ओर से रोजगार देने के अवसर से जुड़ी खबर को सुर्खी बनाते हुये लिखा है नये साल में मिलेंगी नौकरियां सिर्फ छह विभागों में एक लाख तिरपन हजार आठ सौ सतासी पद भरे जायेंगे राष्ट्रीय सहारा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस बयान को सुर्खी बनाया है जिसमें उन्होंने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में कमी कर प्राकृतिक गैस की हिस्सेदारी बढ़ायेंगे छठ महापर्व के अर्घ्य दान से जुड़ी खबरों को सभी अखबारों ने सचित्र प्रकाशित किया है इसको लेकर कई अखबारों ने अंदर के पन्नों पर विशेष कवरेज भी किया है इससे जुड़ी दैनिक आज की सुर्खी है उदीयमान सूर्य की उपासना के साथ छठ संपन्न और अब अंत में मुख्य समाचार चुनाव के बाद विधानसभा का पहला सत्र कल से हो रहा है शुरू

पच्चीस नवंबर को विधानसभा अध्यक्ष का होगा चुनाव गया में सुरक्षा बलों के साथ हुये मुठभेड़ में एक इनामी नक्सली मारा गया

और राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न भागों में ठंड में वृद्धि